बताया गया है कि भाजपा के सभी विधायकों को सख्त सुरक्षा के बीच दिल्ली के पास गुरूग्राम में ठहराया गया है

मुख्यमंत्री ने श्री सिंधिया समर्थक माने जाने वाले छह मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए पहले ही राज्यपाल को पत्र भेज दिया है इन सभी हालातों के बीच अब सभी की निगाहें वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगले कदम पर लगी हयी हैं श्री सिंधिया के आज भाजपा में शामिल होने के आसार हैं वहीं प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ मनासा जावद उमरिया और शिवप्री में सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे मिल रहे हैं कोरोना सलाह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों से चीन इटली ईरान कोरिया जापान फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचने की सलाह दी और उनसे विदेश की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने को कहा है

प्रदेश में भी कोरोना वायरस से बचाव के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं अशोकनगर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं

इस दिन बहन टीका लगाकर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पारंपरिक तौर तरीके से मनाई जा रही है अशोक नगर जिले मे भी भाई दूज का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है वहीं प्रदेश में कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पुजा की जा रही है

इसमें लाखों श्रद्वालुओं के पहॅचने की संभावना है